मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मूल्यों की हमेशा रक्षा की है और आगे भी ऐसा करती रहेगी

राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज उन्हें राजभवन में पद की शपथ दिलाई शपथ ग्रहण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री महान्ती ने कहा कि न्यायव्यवस्था में सुधार की हरसंभव कोशिश की जायेगी

वे ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश भी रहे है

मुख्यमंत्री आज डूंगरपुर जिले के सागवाडा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने धारा हटाकर इसका समाधान किया है श्री शेखावत ने आज बीकानेर में पत्रकारो से बातचीत में कहा कि देशवासियों का एक सपना था कि देश में एक ही विधान और एक ही निशान हो जो अब पूरा कर दिया गया है उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो जायेगा

इस केन्द्र की स्थापना को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इससे करदाताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी इसके साथ ही प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करते हुए करदाताओं की शिकायतें कम करने और कारोबारी सुविधा बढ़ाने में मदद मिलेगी नई प्रणाली के तहत करदाताओं को कर अधिकारियों से संपर्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी करदाताओं को वेब पोर्टल पर दर्ज उनके पंजीकृत ई मेल पर सुचनाएं भेजी जाएंगी और फोन नम्बर पर एसएमएस के जरिए एलर्ट भेजकर बताया जाएगा कि उनके मामले को आयकर जांच के लिए क्यों चुना गया है

इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से संपर्क कर चुनाव में निर्भिक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कहा जिला कलेक्टर ने मतदान बूथों पर लगे बीएलओ और अन्य अधिकारियों को भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए

इस अवसर पर सुबह से ही घरों और मन्दिरों में माँ दूर्गा की विशेष पूजा अर्चना कर कन्या भोज करवाया गया जगह जगह पण्डाल लगाकर देवी माँ की आराधना की जा रही है उत्तर भारत की प्रसिद्ध शक्ति पीठ कैलादेवी में दुर्गाष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालू पहुंच रहे है

सीकर के जीणमाता मेले का आज समापन हो गया लाखों श्रद्धालुओं ने मेले के आखिरी दिन माता के दर्शन किए सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाडा स्थित चौथ माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रामलीला का भी मंचन हो रहा है दौसा में द्र्गोष्टमी के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है

श्री जावडेकर ने कहा कि इस समारोह में पहली बार दिव्यांगजनों के लिए भी फिल्म प्रदर्शित की जायेगी

इस आदेश के बाद इस मार्ग को पुनः खोला जा सकेगा

मोहम्मद शमी ने पांच रविन्द्र जडेजा ने चार और रविचन्द्रन अश्विन ने एक विकेट लिया